आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने मेलों को योजनाओं के प्रसार के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है वे सोलन जिला के बोहच गांव में आयोजित तीन दिवसीय ब्रजेश्वर मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे

युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए उन्होंने लोक परम्पराओं को सहेज कर रखने और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का सभी से आग्रह किया

वे कल कांगड़ा जिला के ज्वाली में योजना के तहत गैस कनैक्शन वितरित करने के दौरान बोल रहे थे उन्होंने कहा कि योजना के तहत वितरित गैस कनैक्शन के माध्यम से गृहणियों को चूल्हे के धूंए से होने वाली बीमारियों से निजात मिलेगी किशन कपूर ने कहा कि दुकानों पर राशन की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा इस दौरान उन्होंने लोगों से आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने का आग्रह भी किया

बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बिजली पानी संबंधी महत्वपूर्ण तैयारियों को पूरा करने के संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए बॉक्सिंग सोलन के कुमारहट्टी में चल रही किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल महिला व पुरूष वर्ग के मुकाबले खेले गए प्रदेश बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में इस खेल के प्रति रूचि बढ़ाना है सुर्खियां समाचार पत्रों से आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है निगम बोर्डो में अब और ताजपोशी नहीं आवश्यक होगा तभी की जाएंगी नियुक्तियां

पांच किलो से भारी नहीं होगा स्कूल बैग शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है केंद्र सरकार ने तय किया बस्ते का वज़न सभी राज्यों को नए मापदंड लागू करने के आदेश दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है स्कूल शिक्षा बोर्ड को जल्द मिलेगा अघ्यक्ष

हॉर्न नहीं अभियान का शिमला व मनाली में दिखने लगा असर आपका फैसला की ख़बर है उद्योगों से जुड़ी ख़बर पर अमर उजाला की सुर्खी है कई शर्तों के साथ कौशल विकास भत्ता शुरू उद्योगों में लगे अशिक्षित हिमाचली भी होंगे हकदार

एनजीटी पर दैनिक जागरण की सुर्खी है एनजीटी के आदेशों को दी जाएगी चुनौती आपका फैसला के शब्द है राज्य सरकार मानवीय आधार पर एनजीटी के पास करेगी पैरवी हिमाचल दस्तक बकौल मुख्यमंत्री लिखता है अब कांग्रेसी भी आ रहे जनमंच में

दैनिक सेवरा टाइम्स की ख़बर है नशाबंदी कानून लाए भाजपा पास कांग्रेस करवाएंगी छठीं बार वर्ल्ड चैम्पियन बनी भारत की मुक्केबाज मैरीकॉम से जुड़ी ख़बर भी समी अख़बारों में सचित्र प्रकाशित है राजभवन में अब तक की सबसे मंहगी कार दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है मौसम पर अमर उजाला के शब्द हैं ऊना चंडीगढ़ और देहरादून की राते शिमला से भी ठंडी